अटारी वाघा सीमा पर पाकिस्तान ने उन्हे भारतीय अधिकारियों को सौपा एयर वाइस मार्शल आर जी कपूर ने कहा कि अभिनंदन को मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरुप सौंपा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन की स्वदेश वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा है विभिन्न नेताओ ने विंग कमांडर अभिनंदन की दृढ़ता और साहस की सराहना की है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने एक टवीट में कहा कि पूरा देश उनकी वीरता और साहस की प्रशांसा करता है वे देश के युवाओ के लिए प्रेरणा है

तिराप चांगलांग और लोंगडिंग जिले में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और इन जिलों से भावी खेल प्रतिभाओ की पहचान कर उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण देना राज्य सरकार का लक्ष्य है खेल अकादमी के स्थायी बुनियादी ढांचो के बनने तक इसे मियाओ स्पोर्ट्स क्लब में शुरुआती तौर पर चलाया जाएगा अकादमी में तीरंदाजी बेडमिंटन जुडो और टेबल टेनिस विषय पर पाठ्यक्रम होगा

आदेश का उल्लघंन करने पर लाइसेंस जब्त कर लिए जाऐंगे

संचार के क्षेत्र में यह बड़ा विकास भारत संचार निगम लिमिटेड के जनरल मेनेजर दिलिप सिराम और उनके दल के कौशीश के कारण हो पाया यह जानकारी पाक्के केसांग जिला उपायुक्त तमुना मेसार ने दी

आग की तीव्रता इतनी थी की दुकानो से कुछ भी निकाला ना जा सका बहरहाल किसी के हताहत होने की खबर नही है लेकिन इस आग दुर्घटना में लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गयी आग लगने के कारण का अभी तक पता नही चल पाया है

इस बाइक रेस के विजेता लवर दिवांग वैली जिला रोईंग के अहोन्दो मेन्जो रहा मेन्जो मेचुका एमटीबी अरुणाचल दो हजार अटठारह के रनर ऑप भी रहे है उन्होंने सेप्पा स्थित न्योक्रम लापांग से खेनेवा तक के तिरपन किलो मीटर को दो घंटा चौदह मिनट में कवर कर इस रेस को जीता दुसरा स्थान असम के इन्नास अली ने हासिल किया वही इस माऊनटेन टेरेन बाइक रेस में शी योमी जिला मेचुका के तजुम देरे ने तीसरा स्थान हासिल किया